राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर लगभग उनहत्तर प्रतिशत अबतक एक हजार चार सौ चौहत्तर हुए स्वस्थ

और नक्सल प्रभावित कोल्हान प्रमंडल के सभी जिलों में हर महीने पुलिस और आम लोगों के बीच जनसंवाद का होगा आयोजन लोगों की सुनी जाएंगी समस्याएं आज देषभर में भगवान जगन्नाथ की पूजा की जा रही है राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में हर वर्ष निकाली जाने वाली रथ यात्रा आज कोरोना महामारी के मददेनजर नहीं निकाली जा रही है लेकिन राज्यभर में भगवान जगन्नाथ के मंदिरों में सादगी पूर्ण तरीके से पूजा और अनुष्ठान किए जा रहे हैं कल शाम मंदिरों में नेत्रदान अनुष्ठान किया गया वहीं आज सुबह भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना कर भोग लगाया जा रहा है उधर प्रतिबन्धों के साथ पूरी में विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा आज सुबह मंगल आरती और पारम्परिक विधि विधानों के साथ शुरू हई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों और विशेष रूप से ओडिसा के श्रद्वालुओं को जगन्नाथ प्रशी रथयात्रा की शुभकामनाए दी हैं

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी लोगों को रथयात्रा की शुभकामनाए दी हैं उपराष्ट्रपति ने संदेश में कहा कि रथयात्रा ओडीसा का सर्वाधिक पावन और प्रतीक्षित उत्सव है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी राष्ट्र को पुरी रथयात्रा के लिए शभकामनाएं दी हैं श्री मोदी ने संदेश में कामना की कि यह उत्सव लोगों के जीवन में समुद्धि बेहतर स्वास्थ्य और प्रसन्नता लायेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जगन्नाथ रथयात्रा के पावन अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भगवान श्री जगन्नाथ की रथयात्रा पर बधाई दी है

राज्य में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना के बयालीस नए मरीज मिले हैं इनमें देवघर से ग्यारह सिमडेगा और गिरिडीह से सात सात पूर्वी सिंहभूम से छह हजारीबाग और रांची से तीन तीन चतरा से दो तथा धनबाद लोहरदगा और पलामू से एक एक संक्रमित मरीज शामिल हैं इसके साथ ही राज्य में अबतक दो हजार एक सौ चालीस कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं इनमें एक हजार चार सौ चौहत्तर मशीज स्वस्थ भी हो चुके हैं राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर अरसठ दषमलव छह चार प्रतिषत हो गई है वहीं राज्य में कोरोना से अबतक ग्यारह लोगों की मौत हो चूकी है और मृत्यू दर का प्रतिषत शुन्य दषमलव पांच एक है कल राजधानी रांची के रिम्स के लैब में शाम चार बजे तक पंचानबे मामलों की जांच हुई जिनमें छियासी लोगों की रिपोर्ट निगेटिव और सात लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पायी गई

झारखंड सरकार द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य में पान मसाला गुटका और सिगरेट की बिक्री पर रोक के बाद भी गिरिडीह जिले में धड़ल्ले से इन पदार्थो को बेचने वालों के विरुद्व आज जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है गिरिडीह में एक दर्जन दुकानों पर छापेमारी कर पान मसाला और जब्त किया गया गिरिडीह के कार्यपालक दण्डाधिकारी धीरेंद्र क्मार गिरिडीह के बीडीओ गौतम भगत और सीओ रबीन्द्र कुमार सिन्हा ने एक दर्जन द्कानों में छापेमारी कर पान मसाला सिगरेट जब्त किया गोड़डा जिले में जिला प्रषासन द्वारा प्रवासी मजदूरों का कोरोना टेस्ट कर संक्रमण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है

उपायुक्त ने लोगों से सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है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

सर्वे में बिना लक्षण वाले वैसे मरीजों की पहचान की जाएगी जो संक्रमित हुए लेकिन प्रतिरोधक क्षमता के कारण वे स्वस्थ हो गए

यह सर्वेक्षण रांची के अलावा पूर्वी और पष्विमी सिंहभूम खूंटी हजारीबाग धनबाद बोकारो दुमका गढ़वा और पलामू में किया जा रहा है पांच जिलों में कलेक्षन का काम पुरा हो चुका है उधर सर्वेक्षण के लिए सरकार और आईसीएमआर के प्रावधान के तहत हजारीबाग में राची से तीन टीम पहुंची है विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के ब्लड सैंपल एकत्र किये जा रहे हैं

कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसांवा जिले में हर महीने पुलिस और आम लोगों के बीच जनसंवाद का आयोजन किया जाएगा कोल्हान प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक राजीव रंजन ने बताया कि थाना दिवस के रूप में आयोजित होनेवाले इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी ताकि नक्सल समस्याओं का समाधान किया जाए सके

विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रूस भारत चीन वर्च्अल सम्मेलन में चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे यह बैठक गलवान घाटी में झड़प पर भारत और चीन के बीच गतिरोध की पृष्ठभूमि में हो रही है

पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड स्थित माछकांदना गांव के युवा लोक संस्कृति के संरक्षण में जुटे हुए हैं

लॉकडाउन के कारण थोड़ी दिक्कत हुई लेकिन प्रतिदिन आठ नौ व्यक्ति इस कार्य में लगे हुए हैं और आत्मनिर्भर बन गए हैं